जापान यात्रा के आखिरी दिन आज श्री मोदी ने मेक इन इंडिया डिजिटल पार्टनशिप एंड इंडो जापान पाटर्नशिप इन अफ्रीका पर एक संगोष्ठी में ये बात कही

श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत में कारोबार करने के माहौल में और तेजी से सुधार होगा क्योंकि केन्द्र सरकार राज्यों और प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में उद्यम स्थापित करने के लिए जापान के न केवल बड़े उद्योग घरानों बल्कि मध्यम लघु और सूक्ष्म उद्योगों का भी स्वागत है

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खण्डपीठ र्न आज मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अदालत की अन्य प्राथमिकताएं भी हैं उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि इस मामले पर अपीलों की सुनवाई की तारीख न्यायालय की एक उचित पीठ अगले वर्ष जनवरी में ही तय करेगी

श्री बेनीवाल की नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और चूनाव चिन्ह पानी की बोतल होगा प्रदेशमर से बडी संख्या में आये युवाओं और किसानों के बीच हकांर रैली में तीसरे मोर्चो के गठन की भी घोषणा की गई रैली सम्बोधित करते हए हनमान बेनीवाल ने कहा कि किसानों के हितों की बात करने वाले और समान विचारघारा के सभी दलों को पार्टी से जोडकर प्रदेश में एक मजबूत विकल्प पेश किया जाएगा रैली में भारती वाहिनी पार्टी के अध्यक्ष और सांगानेर से विधायक घनश्याम तिवाडी राष्ट्रीय लोकदल से पूर्व सांसद जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे इस अवसर पर श्री तिवाडी ने कहा कि जहां जहां भाजपा तथा कांग्रेस की सरकारें हैं वे सभी राज्य बीमारू हैं और तीसरा मोर्चा अगर सत्ता में आता है तो राज्य को बीमारू श्रेणी से बाहर लाया जाएगा

इस दौरान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अलावा अधिवक्ता तथा विधिक अधिकारी मौजूद रहे इस मौके पर निर्वाचन आयोग से आए अधिकारियों ने ईवीएम तथा वीवीपैट मशीनों की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी

इसके अलावा नुक्कड़ नाटकों और रैलियों के जरिये भी मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है

उधर नागौर जिले में चुनाव की र्तयारियों के तहत डेगाना विधानसभा क्षेत्र के अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों को लेकर आज निर्वाचन अधिकारियों और पूलिसकर्मियों ने समीक्षा बैठक की

पार्टी की घोषणा पत्र समिति की अध्यक्ष पी चिदम्बरम और संयोजक राजीव गोड़ा ने आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी शुरूआत की जन आवाज नाम की इस वेबसाइट के जरिये हर वर्ग से सुझाव मांगे गए हैं

प्रयोगशालाओं में इन्हें विकसित किया गया है लेकिन इनके बाजार में आने में अभी समय लगेगा

इस दौरान डीआरडीओ और सेना उच्च अधिकारी मौजुद रहे

जोधपुर में आज पत्र सूचना कार्यालय की मीडिया इकाई फील्ड आउटरीच ब्यूरो की ओर से भ्रष्टाचार मिटाओ नया भारत बनाओ थीम पर इस सप्ताह की शुरूआत की गई

इनमें रटलाई असनावर भवानीमंडी खानपुर अकलेरा मनोहरथाना रायपुर सुनैल और डग शामिल हैं ये रेटिंग चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं और विर्शेषज्ञों के आधार पर तय की जाती है

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पेट्रोल पम्पकर्मी ये राशि बैंक में जमा करवाने जा रहा था कि तामडोली के पास लुटेरों ने उसकी आंखों में मिर्ची डालकर वारदात को अंजाम दिया

बांसवाड़ा में आज शिक्षक और शिक्षा की चुनौतियां विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन हुआ प्रतापगढ में आज जिला कलेक्टर ने चिकित्सा और स्वास्थ्य विमाग को मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए नियमित फोगिंग करने के निर्देश दिए